मोदी सम्मान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को स्वच्छ भारत अभियान के लिये सम्मानित किया जाएगा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंह ने ट्वीट कर यह जानकारी देते हुए बताया कि श्री मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को पूरी दुनिया में पहचान मिली है उन्होंने कहा कि इस अभियान के लिये अमेरिका में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन उन्हें सम्मानित करेगा यह सम्मान प्रधानमंत्री को उनकी अमेरिका यात्रा के दौरान दिया जाएगा गौरतलब है कि हाल ही में बहरिन के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान से श्री मोदी को नवाजा गया था इससे पहले रूस अफगानिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च सम्मान भी श्री मोदी को मिल चुका है मरूर्थल सम्मेलन पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है जिसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है सभी राष्ट्रों को मिलकर इससे निपटने में योगदान करना होगा

उन्होंने कहा कि भूमि क्षरण एक स्थानीय समस्या है और इसका समाधान भी स्थानीय स्तर पर तलाशना होगा

व्हीकल एक्ट मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार मोटर व्हीकल संशोधन अधिनियम पर अध्ययन करने के बाद आवश्यक होने पर जनहित में फैसला लेगी श्री नाथ ने ट्वीट कर आज कहा कि पड़ौसी राज्यों का अध्ययन कर इसका प्रस्ताव बनाने के अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं उन्होंने कहा कि समझौता शुल्क को लेकर प्रदेश सरकार को निर्णय लेने का अधिकार है गौरतलब है कि देशभर में कल से लागू हुए नये मोटर व्हीकल एक्ट के जुर्माने से जुड़े प्रावधान फिलहाल प्रदेश में लागू नहीं होंगे वहीं विधि मंत्री पीसी शर्मा ने स्पष्ट किया है कि नये प्रावधानों का अध्ययन करने के बाद केन्द्र सरकार से जुर्माने की राशि कम करने के लिये कहा जाएगा उधर राज्य के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपुत ने कहा कि एक्ट का अध्ययन करने के बाद ही प्रदेश में जुर्माने की नई दरें लागू होंगी तबतक वर्तमान दरें ही प्रभावी रहेंगी हाथी महोत्सव उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व में आज से हाथी महोत्सव शुरू हो गया

महोत्सव की खास बात यह है कि बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व में पर्यटकों को भ्रमण कराने वाली हाथियों सहित अन्य हाथियों को भी उनका प्राकृतिक आवास और भोजन उपलब्ध कराया जाता है महोत्सव के दौरान हाथी महावत के निर्देशानुसार नहीं बल्कि स्वच्छंदता के साथ जंगल में विचरण कर सकते हैं

खास बात यह है कि इस वर्ष ऑनलाइन आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखी गई

एक ट्वीट में श्री नायडू ने कहा कि भारत इतिहास रचने के एक कदम और निकट आ गया है शिक्षा अनुसंधान केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के लिये गुणवत्ता हासिल करने के लिये शिक्षा के क्षेत्र में नये अनुसंधान आवश्यक हैं

गणेश चतुर्थी प्रदेश में भी दस दिवसीय पर्व गणेश उत्सव आज से शुरू हुआ इस अवसर पर जगह जगह आकर्षक झांकियां सजाकर भगवान गणेश की मूर्तियों की स्थापना की जा रही है वहीं घरों में भी भगवान गणेश की मुर्तियों की स्थापना की गई है श्रद्वाभक्ति और उल्लास के साथ मनाये जाने वाले गणेश उत्सव के दौरान पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ सामाजिक क्रीतियों को दूर करने और सामाजिक सद्भाव पर आधारित विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किये जायेंगे शहरों के साथ साथ गांवों में भी गणपति उत्सव की धूम है झांकीस्थलों पर बच्चों में सुजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न तरह की सांस्कृतिक और खेलकूद की प्रतियोगितायें भी आयोजित की जाती है उत्सव के आखरी दिन गणेश प्रतिमाओं का चल समारोह निकालकर धूम धाम के साथ विसर्जन किया जाता है भोपाल इंदौर उज्जैन होशंगाबाद नरसिंहपुर रायसेन शिवपुरी गुना आगरमालवा शहडोल और खंडवा सहित प्रदेश के अन्य जिलों से भी हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि वहां गणेश उत्सव की तैयारियां जोर शोर के साथ की जा रही हैं

वहीं इन्दौर के खजराना गणेश मंदिर में विशेष आयोजन किये जा रहे हैं कई वर्षो बाद ऐसा संयोग भी बना है जब हरतालिका तीज का पर्व गणेश उत्सव के साथ मनाया जा रहा है आम तौर पर हरितालिका तीज के दूसरे दिन गणेश चतुर्थी होती है

मौसम मानसून प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी है

जबकि जबलपुर और उज्जैन संभागों के जिलों में अनेक स्थानों पर बारिश दर्ज की गई उधर मौसम विभाग ने अगले एक दो दिनों में नया मॉनसून सिस्टम बनने के बाद वर्षा में तेजी आने की संभावना भी व्यक्त की है

बैठक में अनुकम्पा नियुक्ति पेंशन प्रकरण और सीएम हेल्पलाइन के लंबित आवेदनों पर चर्चा की जाएगी